उन्होंने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा के पुनरूथान विषय पर कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नवाचार तथा शोध कार्यों को बढाने पर बल दिया है श्री मोदी ने दो हजार से अधिक स्कूलों में अटल टैंकरिंग लैब की संख्या को बढाकर पांच हजार करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान का बजट भी तीन गुना किया जाएगा

उन्होंने चित्तौड़गढ के बूथ कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उनसे पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया

नई दिल्ली में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता पर चारदिन के सम्मेलन का उदघाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि जरूरत के अनुसार शौचालय उचित साफ सफाई और स्वच्छता की आदतों के नहीं होनेसे जीवनभर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है

जयपूर में आज सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

पराकम पर्व के सिलसिले में आज जयपुर में वॉर विडो हॉस्टल सांझी छत में विशेष कार्यकम हुआ जिसमें युद्ध विधवाओं और पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए पराकम पर्व के अवसर पर अजमेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया फील्डआउटरीच ब्यूरो की ओर से जोधपुर जिले के मण्डोर के चौखा गांव में पराकम पर्व पर जन चेतना रैली का आयोजन किया गया अजमेर इकाई द्वारा एनसीसी कैडेट्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम रखा गया क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मुरारी गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और आम लोगों को सेना द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों और सैनिकों के पराकम की जानकारी दी जा रही है ब्यूरो की कोटा इकाई की ओर से बूंदी में जागरूकता कार्यकम हुआ बाडमेर में भारत पाक सीमा पर स्थित नवातला और मिठड़ाऊ गांव फील्ड आउटरीच ब्यूरो सिरोही की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष कार्यकम रखा गया पराकम पर्व के मौके पर आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आज रात सवा नौ बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि परीक्षण सफल रहा और गन ने फायरिंग रेंज में निर्धारित लक्ष्यों पर अच्क निशाने लगाये के नाइन थंडर गन को शीघ ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा

इसमें बाड़मेर जिले में सात और जैसलमेर में दो ब्लॉक शामिल है

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि आध्यात्म से विकास संभव है